आज पच्चीस ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया और सप्तमी पूजा के साथ ही आज खुलेंगे देवी दुर्गा के पट

केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए छह सौ तेरह करोड़ रूपये से अधिक की आर्थिक सहायता राशि को मंजूरी दी है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों में चल रहे राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने के बाद केन्द्र सरकार ने यह कदम उठाया है बिहार को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष एनडीआरएफ से चार सौ करोड़ रूपये मिलेंगे जबकि राज्य आपदा राहत कोष एसडीआरएफ से वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए केन्द्र के हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में लगभग दो सौ चौदह करोड़ रूपये उपलब्ध कराये जायेंगे बिहार में भीषण बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पटना पहुंची केन्द्रीय टीम ने रात में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के साथ बैठक की साथ ही पटना और आस पास के जल जमाव से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव जी रमेश कुमार के नेतृत्व में आई सात सदस्यीय टीम आज भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का आकलन करेगी केन्द्रीय टीम आज सभी संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक भी करेगी इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर क्षति का आकलन कर हर हाल में नौ अक्तूबर तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है पटना भागलपुर कटिहार नालंदा और बेगुसराय सहित पन्द्रह जिलों में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है पुनपुन नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी फिलहाल रूक गयी है जिसके कारण आज से पटना में पानी घटने की उम्मीद है हालांकि पुनपुन नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जिसके कारण रिंग बांध पर दबाव बना हुआ है प्रशासन हाई अलर्ट पर है प्रनपुन नदी का पानी कल छह और पंचायतों पैमार देहरावां पुनपुन लखना पूर्वी लखना उत्तरी पश्चिमी और बरावां में प्रवेश कर गया इस बीच प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रहा है बाढ़ पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कई जगहों पर सामुदायिक रसोई घर बनाये गये है पटना में सोन और गंगा नदी का जलस्तर भी तेजी से घट रहा है भागलपुर में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति गम्भीर बनी हुई है इधर मुंगेर के बाढ़ प्रभावित बरियारपुर प्रखंड के विजय नगर गांव में डायरिया से चालीस लोग बीमार हो गये हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है पूर्व मध्य रेलवे ने पटना गया और बख्तियारपुर राजगीर रेलखंड पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण आज पच्चीस ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है इसके अलावा तेरह ट्रेनों को मार्ग बदल कर चलाया जायेगा पटना गया लाईन पर सभी गया पटना पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है इसके अलावा तिलैया दानापूर पैसेंजर राजगीर बख्तियारपूर पैसेंजर गया किउल पैसेंजर ट्रेन का परिचालन भी रद्द रहेगा वहीं गया से खुलने वाली गया पटना मेमू ट्रेन का आंशिक समापन करते हुए इसे पुनपुन तक चलाया जायेगा वहीं रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस पूर्णियां कोर्ट हटिया कोसी एक्सप्रेस पटना बरकाकाना पलामू एक्सप्रेस इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस पटना धनबाद गंगा दामोदर एक्सप्रेस पटना भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस श्रमजीवी एक्सप्रेस और राजगीर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन आज परिवर्तित मार्ग से किया जायेगा पटना के जलजमाव वाले क्षेत्रों से जल निकासी का काम लगातार जारी है कंकड़बाग कदम कुंआं नाला रोड दरियापुर और संदलपुर में स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है हालांकि अभी भी राजेन्द्रनगर बाजार समिति काजीपूर पाटलिपुत्र कॉलोनी गोला रोड और दानापुर के कुछ इलाकों में जलजमाव बना हुआ है पानी के सड़ने के कारण महामारी की आशंका बढ़ गयी है पटना नगर निगम ने प्रभावित इलाकों में ब्लींचिग पाउडर एंटी लार्वा और फॉगिंग के लिए पचहत्तर टीमों को लगाया है प्रभावितों के बीच राहत सामग्री का वितरण भी लगातार जारी है लगभग सभी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गयी है राज्य के नगर विकास और आवास मंत्री सूरेश शर्मा ने कहा है कि राजधानी में जल जमाव के दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि पटना में जल जमाव के कारणों की जांच करायी जायेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां बाढ़ प्रभावित और जल जमाव वाले क्षेत्रों में महामारी रोकथाम के लिए व्यापक अभियान चलायेगी श्री चौबे ने कल केन्द्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों और एम्स के चिकित्सकों तथा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की ये एजेंसियां राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में मलेरिया डायरिया डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए उपाय करेगी वहीं केन्द्रीय एजेंसियों के चिकित्सकों के दल को पटना और भागलपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है जो लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की सम्भावना है मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून सिस्टम अब भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के इलाकों से होता हुआ झारखंड तक सक्रिय है जिससे प्रदेश में हल्की बारिश की सम्भावना बनी हुई है पिछले अड़तालीस घंटों के दौरान सबसे अधिक कैमूर के मोहनिया और खगड़िया में पांच सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने अगले दो से तीन घंटों के दौरान नालंदा और नवादा जिले में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब अपार्टमेंट और फ्लैट की बिक्री वही व्यक्ति कर पायेगा जिसके नाम से होल्डिंग नम्बर होगा वहीं जिसके नाम से जमीन का दाखिल खारिज होगा वही व्यक्ति उस अचल संपत्ति की बिक्री कर सकेगा अथवा दान में दे सकेगा बिना अपने नाम पर दाखिल खारिज कराये पैतक जमीन की भी बिक्री नहीं की जा सकेगी मूख्यमंत्री नीतीश कूमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी बैठक में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में कार्यरत शिक्षकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी यह लाभ वर्ष दो हजार सोलह के प्रभाव से मिलेगा भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह बैंकों को जमानत आधार पर चौबीसों घंटे प्रंजी उपलब्ध कराएगा रिजर्व बैंक ने कहा है कि इससे बैंकों को अपनी निधियों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी इस साल दिसम्बर से ग्राहकों को चौबीसों घंटे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा भी उपलब्ध होगी इस समय यह सेवा शाम पौने आठ बजे तक ही उपलब्ध है साथ ही रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं से कर्ज लेने वालों की ऋण सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर सवा लाख रुपये करने का फैसला किया है शारदीय नवरात्र के सातवें दिन आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है आज विभिन्न पूजा पंडालों में देवी दुर्गा का पट भी खुल रहा है इसके साथ ही शारदीय नवरात्र की तीन दिवसीय महापूजा का भी आरंभ हो जायेगा दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश का माहौल भक्तिमय हो गया है पंडालों को भव्य और आकर्षक तरीके से सजाया गया है विभिन्न प्रजा पंडालों में देवी दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये गये हैं सभी चौक चौराहों पर पुलिस बलों की तैनाती की गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में बाढ़ और जल जमाव से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने केन्द्र सरकार के फैसले को सुर्खी बनाते हुये लिखा है आपदा राहत के लिए बिहार को छह अरब दैनिक भास्कर की सुर्खी है ड्रेनेज का नक्शा ही खो गया अब पता नहीं पानी किधर से निकलेगा इसीलिए सात दिन से डूबा पटना प्रभात खबर ने अयोध्या मामले की सुनवाई पर लिखा है अयोध्या भूमि विवाद अब सत्रह अक्तूबर तक सुनवाई दैनिक आज की सुर्खी है दो वर्षो की सेवा पूरी करने वाले नियोजित शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन दैनिक जागरण ने देश में पहली प्राईवेट ट्रेन चलने की खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन में प्लेन जैसी सुविधा

आज पच्चीस ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया और सप्तमी पूजा के साथ ही आज खुलेंगे देवी दुर्गा के पट